एम एम टी सी द्वारा आयात किया जा रहा यह प्याज अगले महीने से भारत पहुंचने लगेगा

आशा है कि इन उपायों से देश के बाजार में प्याज की उपलब्यता बढेगी और कीमतों में कमी आयेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस का एक सौ शहरों तक विस्तार किया जाएगा

भारतीय जनता पार्टी आज नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जयपुर में रैली और जनसभा करेगी इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधि मण्डल राज्यपाल को ज्ञापन सौपेगा इससे पहले कल अजमेर में कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने आजाद पार्क में इस कानून के समर्थन में जन समर्थन रैली का आयोजन किया उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस कानून को प्रत्येक राज्य में लागू कराने की पहल करने की मांग की श्रीगंगानगर में भी इस कानून के समर्थन में जुलूस निकाला गया बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बतायाकि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कल विभिन्न संगठनों की ओर से रैली निकाली गई इस दौरान उन्होंने इस कानून को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया

उन्होंने बताया कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि ये निषेधाज्ञा पूरी दिल्ली में लगाई गई है जो कि पूरी तरह से गलत है उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे हुए है लोगों से कहा गया है कि वे किसी भी तरह की अफवाह को साझा न करें

विशेष लोक अभियोजक श्रीचंद ने बताया कि अदालत ने कल चार दोषियों के लिए सजा के अनुपात पर बहस सुनी और आज शाम फैसला सुनाना तय किया है गौरतलब है कि न्यायालय ने इस मामले में पांच आरोपियों में से चार को दोषी ठहराया था वहीं एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक श्रेष्ठता और अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं उन्होंने कहा कि विद्यार्थी और शोधार्थी जिम्मेदार नागरिक बनें

राज्यपाल ने समारोह में छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान की कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा का विस्तार कर रही है